मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों व खराब मौसम के बावजूद प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक मतदान दलों ने पैदल पहुंचकर निर्वाचन आयोग के कोई मतदाता न छूटे के संकल्प को सफल बनाने में हर सम्भव प्रयास किए देवेश कुमार ने मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया और चुनाव डयूटी में तैनात सभी मतदान दलों सुरक्षा कर्मियों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की

कांगड़ा संसदीय सीट के वोटों की गिनती के लिये चंबा नूरपुर ज्वालामुखी धर्मशाला और पालमपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिये केलांग कुल्लू मंडी सुंदरनगर जोगिंद्रनगर रामपुर और रिकॉगपिओ में मतगणना केंद्र स्थापित किये गए हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना हमीरपुर ऊना और बिलासपुर में की जाएगी इसी तरह शिमला सीट के वोटों की गिनती के लिये सोलन नाहन और धामी में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का मतदान सम्पन्न होने के बाद अधिकतर सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केन्द्र में फिर से सरकार बनायेगा

हालांकि क्छ चैनलों ने यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे रह सकता है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तापमान में गिरावट से निचले क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा च्रनाव के आखिरी चरण में प्रदेश में हुए मतदान व एग्जिट पोल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल व दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग

पंजाब केसरी लिखता है राजग को बहुमत और यूपीए की हालत सुधरी

जबकि आपका फैसला के मुताबिक देश में फिर एक बार मोदी सरकार क्षेत्रीय दलों की एकजुटता के बावजूद मोदी का जादू बरकरार

अमर उजाला का शीर्षक है देश के पहले मतदाता के लिये बिछा रेड कारपेट ढोल नगाड़ों से स्वागत दैनिक सवेरा के शब्द हैं भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरण नेगी ने किया मतदान आपका फैसला लिखता है देश के प्रथम मतदाता ने किया मतदान प्रशासन ने किया एक सौ दो वर्षीय श्याम सरण नेगी का स्वागत बिलासपुर के भगेड़ मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी निलंबित शीर्षक से पंजाब केसरी ने खबर दी है मतदान से पहले ईवीएम का ट्रायल करने का आरोप आपका फैसला लिखता है हिमाचल के तीन गांवों के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार